उन्होंने बताया कि इन सभी लोगों को अभी तक दिल्ली सरकार ने क्वारंटाइन में रखा हुआ है

उधर चम्बा के उपायुक्त विवेक भाटिया ने इन लोगों से संपर्क कर इन्हें दिल्ली में ही उचित स्वास्थ्य परामर्श लेने के निर्देश दिए हैं उन्होंने इन लोगों को चम्बा न आने को कहा है उपायुक्त ने कहा कि प्रशासन द्वारा ये जांच की जा रही है कि कोई अन्य लोग निजामुदीन से चम्बा तो नहीं पहुंचे हैं

मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कल उपायुक्तों और पुलिस अधीक्षकों के साथ आयोजित विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान ये जानकारी दी

उन्होंने कहा कि इस विश्वव्यापी संकट के समय सभी को मिलकर गम्भीरता से कार्य करना है सुरेश भारद्वाज ने कहा कि श्रमिकों व अन्य क्षेत्रों में जाने वाले लोगों के पलायन को रोकने के लिए कड़े कदम उठाने की ज़रूरत है उन्होंने बाहर से आने वाले व्यक्तियों का होम क्वारंटाइन सुनिश्चित करने के लिए स्वास्थ्य विभाग को सभी प्रबंध करने के निर्देश दिए बिंदल प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने कहा है कि भाजपा कार्यकर्ता कोविड फंड में स्वयं दान देने के अलावा लोगों को भी प्रेरित करेंगे आज शिमला में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और भाजपा प्रभारियों के साथ वीडियो कॉनफ्रेंसिंग के दौरान उन्होंने ये बात कही बिंदल ने कहा कि बाहरी राज्यों से प्रदेश में आने वाले लोगों के लिए सरकार द्वारा तैयार किए गए क्वारंटाइन केन्द्र सराहनीय कदम है

इससे पूर्व बिंदल ने कालाअंब में स्थापित कोरोना क्वारंटाइन केन्द्र का दौरा कर सुविधाओं का जायज़ा लिया

संदीप कुमार ने कहा कि किसानों को फसल कटाई पर कोई रोक नही है लेकिन उन्हें सामाजिक दूरी बनाए रखना अनिवार्य है उधर लाहौल स्पीति जिला प्रशासन ने किसानों को फसलों की बिजाई शुरू करने की छूट दी है उपायुक्त केके सरोच ने इस संबंध में आज अधिसूचना जारी कर दी है अमित कश्यप शिमला ज़िला उपायुक्त अमित कश्यप ने कहा है कि कर्फ्यू के दौरान लोगों को केवल घर में किसी की मृत्यु मैडिकल एमरजेंसी या अस्पताल से डिस्चार्ज होने पर ही परमिट दिया जाएगा

मंत्रालय से जारी परामर्श में कहा गया है कि जो भी संचालक इन चैनलों को प्रसारित नहीं करेगा उसके खिलाफ केबल कानून के तहत कार्रवाई की जायेगी